राज्यसभा की बैठक शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के नेतृत्व में विपक्ष ने कल रात राज्य के पुलिस आयक्त के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई के विरोध में हंगामा किया टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने यह मुद्दा उठाते हए आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार राजनीतिक कारणों से सीबीआई का दुरूपयोग कर रही है कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल सहित अन्य विपक्षी दल भी उनके साथ शामिल हो गये शोरगुल के बीच अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही दोपहर बाद दो बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी लोकसभा में भी टीएमसी कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल और अन्य पार्टियों ने सीबीआई का मुद्दा उठाया इन पार्टियों के सदस्य केन्द्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सदन के बीचोंबीच आ गए इस दौरान कांग्रेस सदस्य भी सदन के बीचोंबीच आ गए ये सदस्य राफेल विमान सौदे की जांच संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से कराने की मांग कर रहे थे शोरगुल के बीच अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी इसलिए उन्होंने सदन की बैठक पहले दो बार स्थगित करने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी मौनी अमावस्या का पर्व आज प्रदेशभर में श्रद्वा भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है प्रयागराज के कुम्म में आज मौनी अमावस्या के अवसर पर दूसरा शाही स्नान हुआ आज तीन करोड़ से अधिक श्रद्वालुओं के गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर स्नान करने की सम्मावना जताई जा रही है एक अनुमान के मुताबिक अब तक स्नान के लिए दो करोड़ से अधिक श्रद्वालू संगम के विभिन्न घाटो पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को मौनी अमावस्या की हार्दिक बधाई दी है प्रयागराज के संगम से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट श्रद्वालु गंगा यमुना और पैराणिक सरस्वती के पवित्र संगम पट और आसपास के क्षेत्रों में आस्था और विश्वास की डुबकी लगा रहे है संगम पर अद्भुत और दैवीय नज़ारा बना हुआ है यहां विभिन्न प्रकार के पक्षी वातावरण और भी भव्य और दैवीय बना रहे हैं श्रद्वालुओं पर हैलीकॉप्टर द्वारा पृष्प वर्षा का क्रम जारी है विभिन्न अखाड़ों के संतो और साधक्षों का नृत्य और प्रदर्शन आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं तीन हजार दो सौ हैक्टेयर में फैला मेला क्षेत्र एक मिनी इंडिया सा नजर आ रहा है जहां राष्ट्र के सभी हिस्सों से लोग पहुंचे हैं एमएसयादव आकाशवाणी समाचार कुंभ मेला शहर प्रयागराज वाराणसी में भी श्रद्वालु पवित्र गंगा नदी में स्नान कर के वहां के मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं मिर्जापूर में गंगा नदी के विभिन्न घाटों पर स्नान करने के बाद श्रद्वालुओं द्वारा माँ विन्ध्यवासिनी देवी के दर्शन पूजन का सिलसिला चल रहा है जौनपुर में गोमती नदी के प्रमुख घाटों पर स्नान करने के बाद लोग दान पुण्य कर रहे हैं चित्रकूट में श्रद्वालु मंदाकिनी और यमुना नदी में स्नान कर के विभिन्न मंदिरों में दर्शन प्जन कर रहे हैं भरत कूप पर भी श्रद्वालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है अयोध्या में पवित्र सरयू नदी में स्नान दान का सिलसिला ब्रम्हमूहर्त से ही जारी है प्रदेश के विभिन्न नदियों सर्रोवरो और तालाबों में श्रद्वालु स्नान दान कर के पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं प्रदेश के विधानमण्डल का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है सत्र के पहले दिन राज्यपाल राम नाईक विधानमण्डल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सम्बोधित करेंगे विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने बताया कि सात फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किया जायेगा राज्य सरकार नये वित्तीय वर्ष के लिये पांच लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर सकती है उन्होंने बताया कि विधानमण्डल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कल सुबह ग्यारह बजे शुरू होगी सत्र का समापन बाईस फरवरी को होगा पेट्रोल की कीमतों में आज लगातार पांचवें दिन गिरावट आई तीनों महानगरों में पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर दस से सोलह पैसे तक कम हुए हैं और डीजल प्रति लीटर आठ से बारह पैसे नीचे आ गया प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा जिससे सड़क और रेल यातायात के साथ आम जन जीवन भी प्रभावित हुआ कोहरे की वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है कई जिलों में न्यूनतम तापमान दस डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है मौसम विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अगले दो दिन तक कोहरा छाये रहने की सम्मावना जताई है पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की भी सम्भावना है